केन्द्र सरकार ने छोटे व्यापारियों और कारोबारियों के लिए दो पेंशन योजनायें शुरू की जिनमें एक करोड़ व्यक्तियो को लाभ मिलेगा दो माह की नकारात्मक वृद्वि के बाद नवम्बर माह में वस्तु एवं सेवा कर से प्राप्त राजस्व एक लाख तीन हजार करोड़ से अधिक हो गया है हरियाणा की मंडियों में अबतक सवा तिहतर लाख टन धान की खरीद की गई है

म्म्बई में आयोजित एक समारोह में उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था नीतिगत शिथिलता घोटालों और भ्रष्ट्राचार के दौर से निकलकर नरेन्द्र मोदी सरकार के तहत साहसिक पारदर्शी और ठोस निर्णय लेने वाली अर्थव्यवस्था बन चुकी है गृहमंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षो में भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की सबसे मज़बूत अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सुधार किये जायेंगे श्री शाह ने इस बात पर बल देते हुये कहा कि आर्थिक वृद्वि की मौजूदा धीमी दर एक अस्थायी दौर है और उद्योग जगत को भरोसा दिलाया कि सरकार मजबूती से उनके साथ खड़ी है और समस्त च्नौतियों का सामना कर रही है केन्द्र सरकार ने छोटे व्यापारियों और रोज़गार में लगे लोगों के लिए दो पेंशन योजनाओं के तहत एक करोड़ लाभार्थियों को पंजीकृत करने का अभियान श्रू किया है श्रम एवं रोज़गार मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन और राष्ट्रीय पेंशन योजना दोनों ही सरल व बाधारहित है श्री गंगवार ने बताया कि इनमें पंजीकरण के लिए आधार कार्ड बचत बैंक खात या जन धन खाते की ही जरूरत होगी

वस्त् एवं सेवा कर यानि जीएसटी से प्राप्त होने वाले राजस्व संग्रहण में पिछले वर्ष नवम्बर के मुकाबले इस वर्ष छ प्रतिशत की वृद्वि दर्ज की गई है दो माह की नकारात्मक वृद्वि के बाद नवम्बर में एक लाख तीन हजार चार सौ बयानवे करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हआ केन्द्र सरकार के अनुसार नवम्बर माह में रिर्टन भरने वालों की संख्या में भी वृदवि हुई है

उन्होंने कहा कि भारत ने आठ वर्ष पहले समय सीमा पूर्ण होने से पहले ही पोलियो को जड़ से मिटाने में सफलता हासिल की है

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज अम्बाला में अपने आवास पर द्र दराज़ इलाकों से आये लोगों की शिकायतें सुनते हये अधिकारियों को समस्याओं का त्रंत समाधान किये जाने के निर्देश दिये

उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को उनकी टीम के साथ छावनी नगर में सड़के के पैचवर्क सम्बधी कार्य का जायज़ा लेने की जिम्मेवारी सौंपी मंत्री ने ये कहा कि अम्बाला छावनी की सभी खुली नालियों को के जाने के दिशा में नगर परिषद कार्य करते हये व्यापक व्यवस्था की रूप रेखा तैयार करें यमुनानगर के कस्बा छछरौली में शिक्षामंत्री चौधरी कंवर पाल गूर्जर का भारतीय जनता पार्टी के मंडल ने अभिनंदन किया अपने सम्बोधन में श्री कंवरपाल ने कहा कि बीजेपी में परिवारवाद के लिए कोई जगह नहीं है यहां पर मेहनत करने वालों को तब्जों मिलती है मंत्री ने कहा कि गांवों में खाली पड़ी ज़मीन पर पौधारोपण किया जायेगा व किसान स्वेच्छा से अपनी ज़मीन पर पेड़ लगवाना चाहता है तो वन विभाग द्वारा उनकी ज़मीन पर पौधारोपण किया जायेगा

प्रवक्ता ने बताया कि अब तक जिला करनाल में सर्वाधिक साढ़े सत्रह लाख टन से अधिक और जिला क्रूक्षेत्र में साढ़े ग्यारह लाख टन से अधिक धान की आवक हई प्रदेश के खेल एवं यूवा मामलों के मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि प्रदेश को खेल के मामले मे देश और विदेश में सर्वोच्च स्थान पर ले जाया जायेगा करनाल में उनहोंने कहा कि ओलपिक और कॉमन वेल्थ खेलों में हरियाणा के खिलाड़ी पदकों की दौड में सबसे आगे रहते है य्वा महाकृभ हारमोनी में य्वाओं को सम्बोधित करते हये उन्होंने कहा कि आज य्वाओ को नशे से दूर रहने की जरूरत है उन्होंनें पंजाब और हरियाणा के युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृति पद द्ख जताया

उन्होंने करनाल में हॉकी खिलाडिय़ों के लिए खेल का एक बड़ा केन्द्र की बात भी कही करनाल में आयोजित किये जा रहे य्वा महाकृंभ हारमोनी में देश के विभिन्न प्रदेशों से आये रंगकर्मी व कलाकार भाग ले रहे है हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि बिजली सम्बधी समस्याओं के साथ साथ सिरसा हलके की किसी भी विभाग से सम्बधित समस्याओं का समाधान तत्परता से कराया जायेगा बिजली मंत्री ने आज सिरसा के रानिया हलके में अपने धन्यवादी दौरे के दौरान गांव हरिप्रा जगजीत नगर दमदमा बणी में ग्रामीणों को सम्बोधित कर रहे थे बिजली मंत्री ने कहा कि हलके के गांवों की सभी सांझी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जायेगा इसके साथ साथ हलके में बिजली समस्या के अलावा नहरी पानी पीने के पानी सड़कों से सम्बधित मांगों को भी सम्बधित मंत्री से बातचीत कर पूरा किया जायेगा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसान हित में फैसला लेते हये बिजाई के दिनों में किसानों को आठ की बजाय दस घंटे बिजली देने का काम किया है

नूंह के अतिरिक्त उपायुक्त विवेक पदम सिंह ने कहा कि गीता जयंती महोत्सव जिला स्तर पर भव्य तरीके से आयोजित किया जायेगा गीता जयंती महोत्सव की तैयारियों व प्रबंधो के लिए आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जहां क्रूक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है वहीं सभी जिलों में जिला स्तरीय गीता महोत्सव भी आयोजित किए जा रहे है जिला सैनिक बोर्ड नारनौल में कल वीरनारियों विधवाओं एवं उनके आश्रितों के पेंशन संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए आयोजित होने वाले सांझा प्रयास कार्यक्रम के लिए सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

मेजर संजय ने बताया कि सेना के इस सांझे प्रयास कार्यक्रम में जिले की वीर नारियों विधवाओं और उनके आश्रितों की शिकायतें सुनी जाएंगी इसके लिए सेना की ओर से जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय में शिकायतों के पंजीकरण के लिए हेल्प डेस्क स्थापित किये गये हैं आज श्री गुरू तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस पूरे हरियाणा में श्रद्वा के साथ मनाया जा रहा है जगाधरी यमुनानगर कपालमोचनबूडिया झींवरहेड़ी आदि स्थित ग्रूद्वारों से ही धार्मिक आयोजन हो रहे है यमुनानगर के डेरा संतप्रा ग्रूद्वारा से विशाल नगर कीर्तन शुरू हुआ जिसमें हज़ारों की संख्या में संगत शामिल ह्ई नगर कीर्तन ऐतिहासिक ग्रूद्वारा ब्रािया साहिब में पहंचकर सम्पन्न हआ पंचकूला जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग से आयोजित किये गए कार्यक्रम राहगिरी में आज एड्स के रोगियों के प्रति संभावना प्रदर्शित करने के लिए रेस का आयोजन किया गया इस रेस में स्कूली बच्चों और सामान्य नागरिकों ने भाग लिया